एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देशभर के मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहें उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्र के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा प्रधानमंत्री ने खेलकृद मीडिया और बॉलीवुड से भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओ और जनता के उत्साह से स्पष्ट है कि मण्डी संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार राम स्वरूप शर्मा जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे उन्होंने कहा कि बतौर सांसद राम स्वरूप शर्मा ने क्षेत्र का हर संभव विकास किया है और सांसद निधि के तहत अनेक कार्य करवाए हैं मुख्यमंत्री ने कुल्लू ज़िले के सैंज में भी युवा सम्मेलन को संबोधित किया युवा मतदाता मण्डी ज़िला युवाओं को मतदाता सुची में जोड़ने में प्रदेशभर में अव्वल रहा है

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश क्मार ने भी युवा मतदाता पंजीकरण में बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़िला प्रशासन को बधाई दी है

प्रशासन ने पात्र लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है वहीं प्रशासन ने चुनाव में ईवीएम वीवी पैट से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी के लिए कुल्लू में ईवी एम नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है वीवीपैट उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल वीवीपैट सैंपल सर्वे की संख्या एक से अधिक किए जाने के बारे में ब्रहस्पतिवार तक जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक ग्रप्ता की पीठ ने कहा है कि वो वीवीपैट बढाए जाने के पक्ष में है लेकिन इसका मतलब किसी पर आक्षेप लगाना नहीं बल्कि मतदाताओं को संतुष्ट करना है मामले की अगली सुनवाई पहली अप्रैल को होगी अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस भ्रामक प्रचार से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के इस प्रयास ने देश की एकता व अखण्डता को चोट पहुंचाने का काम किया है उन्होंने कहा कि देश और संस्थानों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एन डीए सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है

संगठन के कमांडर कर्नल उमाकांत शंकर ने मनाली के गुलाबा में आज प्रजा अर्चना के बाद मिशन रोहतांग स्नो क्लीयरेंस की शुरूआत की

मौसम इस बीच ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम रूक रूक कर जारी है जिससे तापमान में गिरावट आई है लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िले की चोटियों पर सुबह से हिमपात हो रहा है लाहौल स्पीति ज़िले में हिमपात के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और घोर्टी के लिए प्रस्तावित उड़ानें आज नहीं हो सकीं

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ अन्य भागों में आज दिनभर हल्की वर्षा का क्रम चलता रहा

टीबी दिवस क्षय रोग जागरूकता पखवाड़े के तहत ऊना में आज ज़िलास्तरीय टीबी जागरूकता दिवस आयोजित किया गया इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमण शर्मा ने कहा कि क्षयरोग के मरीजों की पहचान करने में ऊना ज़िला काफी आगे है लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है